केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की दी मंजूरी

पश्चिमी विक्षोम के कारण प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश सवाईमाधोपुर के खण्डार में गिरे ओले

उन्होंने कहा कि संगीत के सुरो के मिलने से जो माध्र्य पैदा होता है उसी प्रकार लोगों ने ताली और थाली बजाकर एकता की भावना का परिचय दिया श्री मोदी ने जिस प्रकार संगीत में सामजस्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है उसी तरह कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए प्रत्येक नागरिक को संयम और अनुशासन की आवश्यकता है

इस फैसले से कई औद्योगिक इकाईयां एमएसएमई के दायरे में लाई जा सकेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल इसे मंजूरी दी गई सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पचास करोड़ रुपये तक निवेश और ढाई सौ करोड़ रुपये तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र के फायदे पा सकेंगे

उन्होंने पचास हजार करोड़ रुपये के आरंभिक आवंटन के साथ फंड और फंड्स नामक विशेष कोष बनाने के फैसले का भी उल्लेख किया है

नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए ने हवाई यात्रा के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए है इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को जहाज में बीच में सीट खाली रखनी होगी उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसरण में डीजीसीए ने कहा कि वायुयान में सीटें इस तरह से आवंटित की जाए कि बीच की सीट खाली रहनी चाहिए डीजीसीए ने यह भी सलाह दी है कि यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो यात्री को पूरा गाउन उपलब्ध कराया जाए विमानन नियामक ने कहा है कि एक ही परिवार के लोगों को एक साथ बैठने की अनुमति होगी और सभी यात्रियों को तीन परतों वाले सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराये जाएं

इनमे राजस्थान की तीन सीटें भी शामिल हैं

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने को लेकर कार्यक्रम जारी किया हैं

इससे पहले इन निकायो में चुनाव कराए जाने है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुरू जिले के राजगढ़ पुलिस थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की जांच किसी भी स्वतंत्र एजेन्सी से करवाने की सैद्वान्तिक सहमति दी है श्री गहलोत से कल जयपुर में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की थी इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरे मामले की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों से इस प्रकरण के तथ्यों की जानकारी ली उन्हें अवगत कराया गया कि इस मामले की राज्य पुलिस की सीआईडी सीबी शाखा द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है

उन्होंने कहा कि अब इन्टरनेट के साथ साथ ऐसे प्लेटफार्म को विकसित करने की आवश्यकता है जो व्यापक हो तथा एक समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की आवश्यकता को पुरा कर सके प्रदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए कल से आकाशवाणी के जरिए बालवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा

दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश रेखा वधवा ने बताया कि बच्चों के मनोरंजन और ज्ञान वर्धन के लिए इस कार्यक्रम की श्रुआत की जा रही है बच्चे अपने गीत कविता या चुटकले रिकॉर्ड करके विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अधिकतम ढाई मिनट की प्रस्तुति स्वीकार की जाएगी और उसे आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई स्थानों पर तेज आंधी चलने के साथ ही बारिश के साथ ओले गिरे राजधानी जयपुर में कल शाम तेज आंधी के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं सीकर जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश होने से सड़क और रेल की पटरियों पर पानी भर गया चूरू में भी करीब तीन घंटे तक बारिश होने से कई जगह पानी भर गया इस बीच एक मकान ढहने से एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया सवाईमाघोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम को हल्की ब्रंदा बांदी के बाद करीब एक घंटे तक रूक रूककर बारिश होती होती रही इससे कच्ची बस्ती सहित कई इलाकों में पानी भर गया जिले के खण्डार में ओले भी गिरे वहीं करौली जिले के हिण्डौन में भी हल्की बारिश हुई